मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सक का अच्छा व्यवहार मरीज को जल्द स्वस्थ होने में तो मदद करता ही है साथ ही चिकित्सक को अलग पहचान भी दिलाता है श्री योगी आज झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक का उद्घाटन करने के बाद मेडिकल क्षेत्र से जूड़े लोगों को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन और प्रदेश सरकार के वित्त संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना भी उपस्थित थे अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड में लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि समी लोग निजी अस्पतालों में महंगी स्वास्थ्य सेवाएं ले पाएं इसलिए वे सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में आते हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के मन में चिकित्सकों के प्रति विश्वास होता है इस विश्वास को बनाए रखने की जिम्मेदारी विकित्सकों की है श्री योगी ने चिकित्सकों से बिना किसी मेदभाव के मरीजों का उपचार करने को कहा मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए भी तैयार रहना होगा उन्होंने कहा कि प्रदेश को मेडिकल ट्रिज्म के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना होगा इसमें ब्रंदेलखंड क्षेत्र में अपार संमावनाएं हैं श्री योगी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाम आज प्रत्येक व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव के पहुंचाया जा रहा है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जन कल्याण हेतु अनेकों योजनाएं शुरू की गई हैं इससे पूर्व श्री योगी ने कल देर रात झांसी में रैन बसेरे का निरीक्षण किया और जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे दिल्ली में आज तड़के रानी झांसी मार्ग पर अनाज मंडी क्षेत्र में आग लगने की घटना में तैंतालिस लोगों की मौत हो गई दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस घटना में साढ लोगों को सुरक्षित बचाया गया है दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि आग बुझाने के लिए चौतीस दमकल गाड़ियां लगाई गई थीं दिल्ली सरकार ने दुर्घटना की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं जिलाधिकारी से एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है प्रधानमंत्री ने अग्निकाण्ड में गंभीर रूप से घायलों को पचास पचास हजार रुपये देने की भी घोषणा की है दिल्ली सरकार ने भी मृतकों के परिजनों को दस दस लाख रूपये और घायलों को एक एक लाख रुपये का मुआवजा देने तथा निश्ल्क उपचार कराने की घोषणा की है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने इस घटना पर गहरा दृःख व्यक्त किया है श्री कोविंद ने एक टवीट संदेश में पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाम की कामना की है श्री नरेन्द्र मोदी ने दूर्घटना पर विंता व्यक्त करते हुए कहा है कि घटनास्थल पर संबंधित अधिकारी हरसंभव सहायता उपलब्ध करा रहे हैं श्री अभित शाह ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तुरंत हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता का आज उसके पैतुक गांव में कड़ी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार कर दिया गया इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों के अलावा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे राज्य के श्रम और रोजगार मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और तकनीकी शिक्षा मंत्री कमल रानी वरुण ने पीडि़त परिवार से मुलाकात की राज्य सरकार ने पीड़ित परिवार को कल रात पचीस लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की लखनऊ के आयुक्त मुकेश मेश्राम ने कहा कि पीड़ित परिवार के सदस्यों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दो मकान और एक सदस्य को नौकरी भी दी जायेगी नेपाल के सीमावर्ती जिले बलरामपुर के देवीपाटन शक्तिपीठ पर गोरक्षनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा के अंतर्गत आज एक निःशल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया शिविर में गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों की जांच की गई शिविर का उद्घाटन करते हुए प्रदेश के चिकित्सा व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि सभी लोगों तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्व है इस दौरान पूर्व सांसद दददन मिश्र शक्तिपीठ के महंत मिथिलेश नाथ विधायक कैलाश नाथ शुक्ल और विधायक पलट् राम आदि मौजूद रहे मऊ जिले में आज स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो का शुभारम्म हुआ भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की ओर से आयोजित यह एक्सपो बाईस दिसम्वर तक चलेगा एक्सपो में विभिन्न जिलों सहित कई अन्य प्रदेशों के बुनकरों द्वारा निर्मित विशिष्ट हथकरघा उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री की जा रही है एक्सपो का उद्घाटन करते हये हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग के सहायक आयुक्त अनिल क्मार श्रीवास्तव ने कहा कि इस आयोजन से जहां दुनकरों को दूसरे जिलों की हथकरघा कला को जानने का अवसर मिलेगा वहीं खरीददारों को उचित मूल्य पर हैण्डलूम उत्पाद उपलब्ध हो सकेगें